केन्द्र सरकार ने चीन में कोरोना वायरस के कारण छब्बीस दवाओं और उनकी सामग्रियों के निर्यात पर लगायी रोक

कल नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों से राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है देशाहित सर्वोपरि है और विकास हमारा मंत्र है विकास के लिए शांति रहना चाहिए एकता रहना चाहिए सदभावना रहना चाहिए यह सिर्फ हमको बोलना नहीं हर एक एम पी इसमें तीड लेना चाहिए देशहित के सुपरमेसी लाने के लिए सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास यह मंत्र लेते हुए मनसा वचसा कर्मणा ये तीन सिद्धांतों के साथ हमको चलना है

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रज की भूमि प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को अपने भीतर संजोये हुए है उन्होंने कहा कि सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्प है और इसमें कोई बाधा आड़े नहीं आएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने पर भी कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव और मथुरा में रंगोत्सव का आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की दशकों से लंबित समस्याओं का समाधान हो रहा है उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी इसका उदाहरण है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की नदियों को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने यमुना की स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं और इसका परिणाम दो वर्ष के भीतर दिखायी देने लगेगा श्री योगी ने कहा कि मथुरा में पानी की समस्या को लेकर जल संचयन योजना पर काम चल रहा है और सरकार का मंतव्य है कि ब्रज के घर घर में शुद्ध और मीठा जल पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से बारह मार्च तक आयोजित किए जा रहे रंगोत्सव में ब्रज क्षेत्र में खेली जाने वाली विभिन्न होली के रंग देखने को मिलेंगे उधर बरसाना में कल लड्डू होली खेली गयी एक रिपोर्ट मथुरा बरसाना में ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लड़ुमार होती खेली गई यहाँ श्रीजी की नगरी बरसाना को दुल्हन की तरह सजाया गया दस टन से अधिक लड़ुआँ की बेशुमार बरसात हुई लड़ू होती में यहां घंटों तक हजारों भक्त सुधवुध खोकर शिरकते रहे एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंगने के साथ साथ भक्तों का समूह आनंद में डूबा नजर आया यानि की उल्लास और उमंग के राधारानी के जयकारों से समूचा इंतेदं गूंजता रहा वत राषे राषे के जयघोष के समूचा वातावरण गूंज उठा आज विश्व प्रसिद्ध लगमार होली खेली जाए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यो ने लोगों को प्रेरणा दी है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को मनाया जाएगा केन्द्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देश के आकांक्षी जिलों में विकास के लिए सभी हितधारकों की दृढ़ इच्छा और उनका शामिल होना आवश्यक है आकांक्षी जिलों में परिवर्तन लाने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सीएसआर पहल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्यों को सीएसआर कोष को अपनी योजनाओं के पूरक के रूप में लेना चाहिए सी एस आर का मकसद गांव को खड़ा करना होना चाहिए केवल हमने फैसिलिटीज दी पैसे खर्च किए तब तक हम गांव को खड़ा नहीं करते और गांव को खड़ा नहीं करते तो बाकी सारा डवलपमेंट ये फिजिकल डवलपमेंट होता है जो सही डवलपमेंट लोगों का होना चाहिए वो नहीं होता है इसलिए गुड एन जी ओ इज दा बेसिक रिक्वायरमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें भारत पहुंचने वाले यात्रियों की जांच से लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मिलकर काम कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और मिलकर काम करने तथा स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोट छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण के छह संदिग्ध व्यक्तियों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम नेटवर्क के जरिये उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिनके सम्पर्क में ये छह लोग आये

उन्हें दिल्ली सफदरगंज अस्पताल भेज दिया गया है आगे के मैनेजमेंट के लिये जनता से और मरीजों से ये अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है नार्मल जुकाम बुखार का सीजन भी चल रहा है तो उसे कोरोना वायरस से न जोड़े जब तक कि वो किसी ऐसे मरीज के सम्पर्क में न हो जो विदेश में दौरा करके आया है

आगरा में जिलाधिकारी ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद अस्पतालों में संभावित मरीजों के लिये आइसोलेशन वार्ड तैयार कराने के निर्देश दिये गये हैं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मुकेश वत्स ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के निपटने के लिए जिले में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यदि लोग क्छ एहतियार्ती उपाय करें तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है कोरोना वायरस वायरल इंफेक्शन है जो ड्रोपलेट इंफेक्शन से फैलता है

केन्द्र सरकार ने पैरासिटामॉल विटामिन बी वन और बी टवेल्व सहित छब्बीस दवा उत्पाद और उनकी निर्माण सामग्री ए पी आई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है कई देशों में कोरोना वायरस के फैलाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है देश में प्रति वर्ष लगभग साढ़े तीन अरब डॉलर का ए पी आई सामग्रियों का आयात होता है जिसमें चीन से होने वाला आयात लगभग सत्तर प्रतिशत है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी समाचार टीवी चैनल और एफ एम रेडियो चैनलों को विदेश यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित यात्रा परामर्श का प्रचार करने का आग्रह किया है मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में चैनल समय समय पर स्क्रौल भी चला सकते हैं इसमें कहा गया है कि इस तरह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभावशाली माध्यम है स्वतंत्रता सेनानी और शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की अड़तीसवीं पृण्यतिथि पर कल उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी गयी गोरखपुर में फिराक चौक पर स्थापित फिराक गोरखपुरी की मूर्ति पर विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया श्री सहाय का जन्म वर्ष अट्ठारह सौ छियानबे में गोरखपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बिजेन्द्र सिंह अयोध्या में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे